राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने छात्रों से जल संरक्षण और अन्न बचाने का किया आहवान कहा विद्यार्थी का सामर्थ्य ही राष्ट्र की शक्ति है

बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज प्रदेश भर में आयोजित किए जायेंगे विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में नर्सिंग समुदाय के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके योगदान से ही आयुष्मान भारत योजना निर्धारित होगी उन्हॉने कहा कि देश में कुशल नर्सो की बहुत मांग है और इसके लिए प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की भी जरूरत है राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान करते हुए यह विचार व्यक्त किए राष्ट्रपति कोविंद ने देश में नर्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नर्सों की तीन विभिन्न श्रेणियों में छत्तीस पुरस्कार प्रदान किए उन्नीस सौ तिहत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने छात्रों से जल संरक्षण और अन्न बचाने का आहवान करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सामर्थ्य ही राष्ट्र की शक्ति और कल की आशा है

उन्होंने कहा कि जब कमी राष्ट्र के सामने चुनौतियां आई युवाओं ने ही अपनी शक्ति और पुरूषार्थ से उनका सामना किया और समाधान निकाला राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के सामने रोजगार परक और मूल्य आघारित शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठयक्रम संचालित करने होंगे जिनसे छात्र छात्राएं रोजगार हासिल कर सके राज्यपाल ने कहा कि य्वाओं के हाथों से ही नये भारत की तस्वीर बनेगी उन्होंने युवाओं से अध्ययन के साथ सामाजिक कार्यो से जुड़ने का भी आह्वान किया राज्यपाल ने कहा कि युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वच्छता स्वास्थ्य कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाव के लिये प्रेरित करें तमी स्वस्थ और निरोगी भारत का प्रवानमंत्री का सपना साकार होगा इस अवसर पर उन्होंने बत्तीस मेघावियों को सत्तावन स्वर्ण पदक प्रदान किये साथ ही बाईस हजार सात सौ छब्बीस छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की गई पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का तीन दिन का सम्मेलन आज से पुणे में शुरू हो रहा है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के उदघाटन सत्र को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिसर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है प्रौद्योगिकी आधारित पुलिस व्यवस्था के अलावा वैज्ञानिक और फॉरेसिंक जांच सम्मेलन की थीम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोमाल खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने की आशा है भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है रेपो दर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत पर ही बनी रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्विरोध समर्थन किया रिवर्स रेपो दर चार दशमलव नौ शून्य प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार शून्य प्रतिशत बनी रहेगी समिति ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अन्दर बनाए रखने के साथ नीतिगत दरों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया जब तक वृद्वि दर बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है यह इस वर्ष की पांचवी बैठक थी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला हेल्य डेस्क गठित करने और इसे सुदढ़ बनाने के लिए निर्मया कोष से सौ करोड़ रूपये आवंटित किए हैं यह योजना राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित की जायेगी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि महिला हेल्य डेस्क पुलिस थानों को महिलाओं के लिए और अधिक सहायक और सुगम बनाने पर केन्द्रित होगा और पुलिस चौकी पर पहुंचने वाली किसी महिला के लिए प्रथम तथा एकल सम्पर्क केन्द्र होगा इन सहायता डेस्कों पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारी तैनात की जायेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाकर मारने के मामले में प्रदेश पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं इस बीच मामले की जांच के लिए नए विशेष जांच दल का गठन किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को पत्र लिखकर अब तक की गयी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी है इस बीच उन्नाव जिले की दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए कल विमान से दिल्ली ले जाया गया है यह घटना कल सुबह उन्नाव जिले के विहार क्षेत्र में हुई जब जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपियों ने गांव के बाहर खेत में महिला पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे मारने का प्रयास किया घटना के तुरंत बाद पीड़िता को उन्नाव जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां से उसे लखनऊ के अस्पताल ले जाया गया

उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे कल एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया राज्य सरकार ने पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है उधर राज्यसभा ने कल इस घटना की कड़ी निंदा करते हए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की भोजनावकाश के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से घटना का पूरा विवरण देने के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि यह संदेश देने की आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता इससे पहले समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने घटना पर क्षोम व्यक्त करते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कांग्रेस के विप्लव ठाकुर ने कहा कि यह घटना समाज पर धब्बा है और सोचने की जरूरत है कि समाज किस दिशा में जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बंदना चव्हाण ने कहा कि अंति विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बल्कि महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की कांता कर्दन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ है राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के चौसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्वाजंति अर्पित कर रहा है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में पृष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है जहां सांसदों और गणमान्य व्यक्ति संविधान निर्माण डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्वा सुमन अर्पित कर सकेंगे राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान के प्रति आभार व्यक्ति करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर आज लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वाजंलि अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए है और साथ ही इसके बेहतर भंडारण की प्रौद्योगिकी विकसित करने के उपाय किए हैं लोकसभा में अनुदान की अनुप्रक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए सुश्री सीतारमन ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनके तहत प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध भंडारण सीमा को लागू करना प्याज के आयात और हस्तांतरण को कम आपूर्ति वाली श्रेणी में शामिल करने जैसे उपाय शामिल हैं

वित्तमंत्री ने कहा कि प्याज से संबंधित कई समस्याएं हैं उन्होंने कहा कि भारत के पास भंडारण के वैज्ञानिक रूप से उन्नत तरीके नहीं हैं उन्होंने यह भी कहा कि प्याज के भंडारण के लिए उन्नत वैज्ञानिक सुविधा की जरूरत है और सरकार ने इस दिशा में कार्य करना शुरू भी कर दिया है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा राज्य सरकार में काबीना मंत्री बृजेश पाठक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्यतंत्र देव सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं के शामिल होने से पार्टी सशक्त होगी दोनों नेताओं को बहुजन समाज पार्टी से इसी वर्ष निष्कासित कर दिया गया था